राज्य में भी विशेष ट्रेनों से प्रवासी मजदूरों के आवागमन का सिलसिला जारी

राज्य सरकार ने शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत निजी स्कूलों में गरीब बच्चों के दाखिले के लिए अभिभावकों की आय सीमा एक लाख से बढाकर ढाई लाख रूपये की कोरोना संकमण के कारण विदेशों में फंसे प्रवासी भारतियों को लाने के लिए वंदे भारत अभियान का दूसरा चरण आज से शुरू हो रहा है

इससे पहले इस अभियान के पहले चरण के दौरान विदेशों से देश के विभिन्न राज्यो के हवाई अड्डों पर लगभग डेढ सौ प्रवासी राजस्थानी आ चुके है

दिल्ली एयरपोर्ट पर आने वाले प्रवासियों की मेडिकल स्क्रीनिंग के लिए डॉक्टरों की एक टीम राउंड द क्लोक काम कर रही है

आज दो श्रमिक स्पेशल ट्रेने करीब ढाई हजार से ज्यादा प्रवासियों को लेकर बीकानेर पहुंचेगी इनमें से एक ट्रेन तेलंगाना से और दूसरी ट्रेन मुम्बई से यहां पहुंचेगी

जिला कलक्टर कुमार पाल गौतम ने बताया कि यात्रियों की स्क्रीनिंग और क्वारेंटाइन के सभी प्रबंध कर लिए गए है इधर करौली जिले के हिण्डोन सिटी में भी आज रात स्पेशल ट्रेन से बडी संख्या में श्रमिक पहुंचेंगे इससे पहले कल बैंगलुरू से डेढ हजार प्रवासियों को लेकर एक ट्रेन उदयपुर पहुंची ट्रेन के पहंचते ही जिला प्रशासन की ओर से सभी प्रवासियों की विधिवत रूप से स्क्रीनिंग करवाई गई

केन्द्र सरकार ने राज्यों से यह सुनिश्चित करने को कहा है कि कोई भी प्रवासी श्रमिक पैदल घर वापसी ना करें

उन्होंने कहा कि यह राज्यों सरकारों की जिम्मेदारी है कि वे श्रमिकों को पैदल पलायन करने से रोके और उन्हें स्पेशल ट्रेनों और बसों से ही अपने गृह राज्य जाने के लिए समझाये मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अधिकारियों को निर्देश दिए है कि क्वारेंन्टीन सेंटरों में रह रहे प्रवासियों और श्रमिकों को किसी बात की तकलीफ न हो इसके लिए इंतजाम किये जाए मुख्यमंत्री कल अपने निवास पर क्वारेंटीन सेंटरों की व्यवस्था को लेकर उच्चस्तरीय बैठक ले रहे थे

मुख्यमंत्री ने इस बात पर संतोष व्यक्त किया कि लोगों में कोरोना संकमण को लेकर जागरूकता आ रही है और मास्क लगाने को उन्होंने अपनी दिनचर्या का हिस्सा बना लिया है राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने सभी जिला कलेक्टरों को निर्देश दिए है कि दूसरे राज्यों में जा रहे प्रवासी मजदूर परिवारों के बच्चों को उनके घर पहुंचने में किसी तरह की परेशानी न हो इन बच्चों की सुरक्षा और भोजन की व्यवस्था की जाये

नई दिल्ली में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि कृषि क्षेत्र की आधारभूत संरचना को सुदृढ करने के लिए एक लाख करोड़ रूपए दिए जाएंगे जिससे कि भंडार गृह कोल्ड स्टोरेज जैसी आधारभूत संरचनाएं स्थापित की जा सकेंगी देशभर में दो लाख सूक्ष्म खाद्य इकाइयां स्थापित करने के लिए दस हजार करोड़ रूपए की योजना शुरू की जाएगी जो क्लस्टर आधारित होगी

जड़ी बूटी तथा औषधीय पौधों की खेती पर चार हजार करोड़ रूपए खर्च होंगे

मधुमक्खी पालन के लिए पांच सौ करोड़ रूपए व्यय होंगे जिससे दो लाख मधुमक्खी पालकों को लाभ मिलेगा

राज्य सरकार ने शिक्षा का अधिकार अधिनियम आरटीई के तहत निजी विद्यालयों में गरीब बच्चों के प्रवेश के लिए अभिभावकों की वार्षिक आय सीमा एक लाख से बढाकर ढाई लाख रूपये कर दी है